देष में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना के एक हजार सात सौ अठारह नये मामले सामने आये झारखंड में आज एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि नहीं स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य के पास संसाधनों की कमी नहीं

श्री मोदी ने आज दिल्लीं में एक बैठक में देश में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की बैठक में कोविड महामारी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई बैठक में कहा गया है कि देश में उपलब्ध मौजूदा औद्योगिक भूमि पर बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना बनाई जानी चाहिए और उद्योगों को आवश्याक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए

मुख्ममंत्री ने कहा कि फसे लोगों को पूरी सतर्कता के साथ वापस लाया जायेगा उन्होंने श्रमिक से अपना धैर्य बनाये रखने की अपील की श्री सोरेन ने कहा कि विभिन्न राज्यों से आ रहे श्रमिकों के लिए राज्य सरकार रोजगार की व्यवस्था का प्रयास करेगी

आज झारखंड में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है बोकारो जिले से पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित की एक भी रिपोर्ट नहीं आई है

इस कार्य में बोकारो जिला प्रशासन को समाज के हर वर्ग औद्योगिक प्रतिष्ठान और बैंको का निरंतर सहयोग मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया ने आज चार हैंण्डी फॉगिंग गन जिला प्रशासन दियाजबकि और पॉच आपदा प्रबंधन के तहत खरीदे गए हैं

इधर देवघर के दोनों कोरोना मरीज की रिपोर्ट आज निगेटिव आई है इसके साथ ही देवघर जिला प्रषासन ने देवघर जिला को कोरोना मुक्त घोषित किया है

रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती देहात में रहने वाली महिलाएं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन संस्था से जुड़कर मास्क बनाने का काम कर रही है इस क्षेत्र से सखी मंडल की करीब एक दर्जन महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं जो मास्क बनाकर भेज रही हैं

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दिश निर्देशों में नई छूट के बाद विभिन्न राज्य मजदूरों विद्यार्थियों श्रद्दालुओं और पर्यटकों सहित फंसे हए लोगों का आवागमन सुगम बनाने की तैयारी कर रहे हैं बिहार झारखंड और क्छ अन्य राज्यों ने फंसे हुए लोगों का रजिस्टर तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं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

यह एक सकारात्मक संकेत है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

जन औषधि केंद्रों तक पहंच बनाने के लिए यह एप्प बहत उपयोगी है

यह एप्प रसायन और उवर्रक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फार्मा ब्यूरो ने विकसित किया है

प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि राज्य में जांच किट की कमी नहीं है

गिरिडीह जिला प्रशासन किसानों की समस्या दूर करने के लिए गंभीर है

हजारीबाग प्रक्षेत्र में नए पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में अमोल बीनूकांत होनकर ने पदभार संभाल लिया और लोहरदगा जिले के नये पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रियंका मीणा ने पदभार ग्रहण किया

एक ट्वीट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक और जानलेवा हो सकता है मेंथानॉल एथनॉल और ब्लीच जहर हैं और इनके पीने से विकलांगता और मृत्यु हो सकती है

समाप्त